और राजधानी पटना समेत प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शीत लहर की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वह आने वाले वर्षो में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह दो हजार बीस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है बाईट दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है नई टैक्नॉलोजी के रूप में चौलेंजेज भी आयेंगे और अनेक नये सरल सोल्युशन्स भी आयेंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ताईस साल बाद भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा और ये सत्ताईस वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे बल्कि यह भारतीयों के सपनों और समर्पण की भी परीक्षा की घड़ी होगी

ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है और हमारा चौलेंज सिर्फ आत्मनिर्मरता ही नहीं है बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है शायद उतनी पहले कमी नहीं हुई प्रधानमंत्री ने कहा अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए तथा निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करने की आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक हमें दुनिया की बेहतरीन नीतियों को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लाभ केंद्रित दृष्टिकोण रखते हुए इसे समाज के व्यापक हित में प्रयोग करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्ट अप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है

सरकार की एक एफीशन और फ्रेंडली इको सिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है अब एसौचम जैसे एसोसिएशन को आपके हर मेंबर को भी यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिर्फोम्स को एनकैरेज करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है और दस से अधिक क्षेत्रों को पीएलआई पहल के तहत लाया गया है उन्होंने कहा कि इन उपायों के बहुत कम समय में सकारात्मक परिणाम दिखे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों पर नये कृषि कानूनों को लेकर राजनीति करने का अरोप लगाया है आज सीतामढ़ी के परिहार में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि व्यापक कृषि सुधारों के लिए लाये गये कानून वर्तमान समय की आवश्यकता हैं और इससे न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो रही है और न ही मंडी प्रणाली ही वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया में किसान चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुये पार्टी की वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि नये कृषि कानूनों से पूरी व्यवस्था में बिचौलियों का खात्मा होगा और किसानों को उनका वाजिब अधिकार मिलेगा समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा कर योजना का लाभ लेने वाले एक हजार पांच सौ तिरानवे लोगों की पहचान की गयी है ये सभी आयकर दाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया चिन्हित लोगों को नोटिस जारी कर तय समय सीमा के अंदर योजना के तहत मिली राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है जो किसान पैसे वापस नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सटिर्फिकेट केस दर्ज होगा देश में कोविड उन्नीस के मरीजों का आंकड़ा एक करोड़ को पार कर गया है हालांकि अब तक पंचानवे लाख पचास हजार से अधिक लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव चार छह प्रतिशत है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने बताया कि भारत द्रनिया के उन गिने चुने देशों में एक है जहां स्वस्थ होने की दर नब्बे प्रतिशत से अधिक है संक्रमण के सक्रिय मामलों से तीस गुणा से अधिक लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में संक्रमण के कुल मामलों की तुलना में केवल तीन दशमलव शून्य नौ प्रतिशत सक्रिय मामले हैं सक्रिय मामलों की संख्या लगभग तीन लाख आठ हजार है केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है प्रदेश में आज कोरोना के सात सौ बारह नये मामलों की पुष्टि हुई कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख छियालीस हजार छह सौ पैंतालीस हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से दो सौ अठासी मामले सामने आये नवादा से पैंतीस मुजफ्फरपुर से तीस मधुबनी से पच्चीस जहानाबाद से चौबीस और भागलपुर से बाईस मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं पच्चीस दिनों के बाद राज्य में एक साथ सात सौ से अधिक मामले दर्ज किये गये इस बीच एक दिन में सात सौ तिरानवे मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चालीस हजार तीन सौ इकतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार चार प्रतिशत है एक दिन में छह लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ सैंतालीस हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार नौ सौ छियासठ है केन्द्रीय स्वास्थ मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजब्रत होगी कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैक्सीन का परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है

हालांकि मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए टीका लगवाने से कोरोना वॉयरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है इस कारण से लोगों को ये सलाह दी गई है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कोरोना वॉयरस का टीका जरूर लगवायें दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली राजधानी पटना समेत प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शीतलहर की चपेट में है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि बर्फीली पछुआ हवा चलने से शीत लहर की स्थितियां बनी हुई हैं

आज तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि कटिहार के मनिहारी स्थित गोगाबिल झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा श्री प्रसाद कटिहार में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे बसी आबादी को बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है केन्द्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि तीन महीने तक राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द हो जायेगा पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को फर्जी बताते हुये कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राजगीर में डीप बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया जायेगा राजगीर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भू गर्भ जल स्तर में आ रही कमी एक बड़ी समस्या है उन्होंने कहा कि पाईप लाईन के जरिये लोगों तक गंगा नदी का पानी उपलब्ध कराया जायेगा मुख्यमंत्री ने राजगीर में बन रहे नेचर सफारी और भारत के पहले ग्लास ब्रिज का भी निरीक्षण किया राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि उनके विभाग में रिक्त पड़े दस हजार पदों के लिए जल्द ही निय्रक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी जमुई के रजला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरी कर ली जायेगी भगवान राम और देवी सीता के विवाह का पर्व विवाह पंचमी नेपाल के ऐतिहासिक शहर जनकपुर में परम्परागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है आज सुबह से ही हजारों श्रद्वालु प्रसिद्ध जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं इधर सीतामढ़ी के पुनौराधाम और रजत द्वार मंदिर में भी विवाह पंचमी का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है मुंगेर जिले के खड़गरपुर से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है वर्ष दो हजार दस में लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र में सात पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में इन दोनों की तलाश थी पटना के एक्जीबिशन रोड स्थित एक होटल से पुलिस ने छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है इनके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया गया है प्रलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की नक्सलियों से सांठगांठ की जांच की जा रही है मध्रबनी जिले के बासोपट्टी में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और आभूषण भरा बैग लूट कर फरार हो गये प्रलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है रोहतास जिले के इन्द्रपुरी थाना क्षेत्र के भटौली गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से एक महिला और उसके पुत्र की मौत हो गयी आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास सड़क जाम कर आवागमन बाधित रखा सारण जिले के अम्बिका स्थान हॉल्ट स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के डोभी चौक के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन पर लदी तीन सौ अड़सठ कार्टन शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है वहीं सुपौल जिले के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाके से एसएसबी ने सात सौ बीस बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

और राजधानी पटना समेत प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शीत लहर की चपेट में